इनमें मुम्बई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना दिल्ली पूर्वोत्तर और चैन्नई की परियोजनाएं शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में कल टोकियो में तेरहवें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई इन समझौतों में सामरिक समझौतों के अलावा भारत और जापान के बीच नीतिगत और विश्वस्तरीय सहयोग के बारे में भी सहमति बनी है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मजबूती देते हुए जापान ने इसकी रूपरेखा पर सहमति जताई है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि आचार संहिता प्रभावित होने के बाद से अब तक दो हजार से अधिक अवैध हथियार जब्त किये गये हैं जबकि दो लाख साढ़े अड़तीस हजार से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

आयोग बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में नामांकन प्रकिया और आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की

उन्होंने आचार संहिता का पालन सुनिष्वित करते हुए नामांकन की पूरी प्रकिया की जानकारी दी उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नामांकन के साथ शपथ पत्र देना होगा जिसमें अम्यर्थियों को स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण और दोषसिद्धि के प्रकरणों की घोषणा और प्रकाशन कराये जाने के संबंध में फार्म भरने होंगे निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अलग से बैंक खाता खुलवाया जाएगा श्री कांता राव ने नामांकन अस्वीकृति की स्थितियों के बारे में भी जानकारी दी चुनाव समीक्षा बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव ने आज भोपाल के लेकव्यू अशोका में संभागायुक्तों के साथ विधान सभा चुनाव के संबंध में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया है कि राज्य में संभाग स्तर पर स्वीप गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वीप के सघन अभियान के लिये नगर निगम आयुक्त संभाग स्तरीय स्वीप के नोडल अधिकारी और सोशल मीडिया के नोडल अधिकारी भाग ले रहे हैं वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव और लोकेश जाटव विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिलों में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की राजनीति दल समय मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सात मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार का समय कल आवंटित किया गया उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश श्रीवास्तव तथा इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ड्रा के माध्यम से समय आवंटन किया गया आकाशवाणी पर यह प्रसारण सोलह नवम्बर से चौबीस नवंबर के बीच होगा

पेट्रोल कीमत देश में लगातार तैरहवें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई दिल्ली में पेट्रोल बीस पैसे और डीजल सात पैसे सस्ता हो गया

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं हरित पटाखे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हरित पटाखे विकसित किये हैं जो किफायती होने के साथ ही कम प्रदूषण पैदा करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने आज नईदिल्ली में बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की तीन प्रयोगशालाओं ने मिलकर ये पटाखे विकसित किये हैं

इसके अलावा पटाखों की ई लड़ियां भी तैयार की गई हैं जो बैट्री से चलेगी श्री हर्षवर्धन ने बताया कि पटाखों के बनाने के लिये लायसेंस जारी करने वाले पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफटी ऑर्गेनाइजेशन और उच्चतम न्यायालय को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है आरबीआई रिजर्व बैंक ने प्रदेश की पंद्रह नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये हैं हाल में ही भोपाल में हई आरबीआई के नॉन बैंकिंग सुपरविजन विभाग के पेंतीसवीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया रिजर्व बैंक ने आम लोगों को आगाह किया है कि बैंक कभी भी ई मेल एसएमएस और फोन कॉल कर बैंक अकाउण्ट डिटेल्स पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने को नहीं कहता है राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल इन्दौर में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आये श्री गांधी ने जीएसटी को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मौजूदा जीएसटी को सही स्वरूप में लाकर आसान बनाया जायेगा उन्होंने सवाल किया कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लाये गये जीएसटी और नोटबंदी से आखिर किसको फायदा हुआ कांग्रेस अध्यक्ष ने रफाल रक्षा सौदे का भी मामला उठाया श्री गांधी आज धार और खरगोन में सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा संपर्क अभियान प्रदेश भाजपा के कल से शुरू हुए विशेष संपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया श्री चौहान ने नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी

मंदसौर जिला बैडमिंटन के अध्यक्ष डाक्टर अभय शुक्ला और सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पांच सौ से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं

इसमें लोगों को अधिक मतदान के लिये प्रेरित किया गया